प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद साढ़े नौ बजे नमो एप के माध्यम से किसानों से बातचीत करेंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि देश के परिश्रमी किसान भारत के गौरव हैं उन्होंने लोगों से किसानों के साथ बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री देश के किसानों के साथ सीधी वार्ता कर रहे हैं इस बातचीत के दौरान वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित विभिन्न उपायों पर मुख्यम रूप से चर्चा की जाएगी किसानों के साथ प्रधानमंत्री की इस बातचीत को आकाशवाणी क्रषि विज्ञान केन्द्र सार्वजनिक सेवा केन्द्र दूरदर्शन और डी डी किसान से सीधे प्रसारित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर में भाजपा पीडीपी सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू करने की राज्यपाल की सिफारिश को आज मंजूरी दे दी मैट्रिक की तैंतालीस हजार से अधिक कॉपियों के गायब होने के मामले में एसएस कॉलेज गोपालगंज के प्राचार्य आदेशपाल और गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस देर रात गिरफ्तार प्राचार्य को गोपालगंज लेकर गयी जहां उनसे पूछताछ जारी है इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि मूल्यांकन केंद्र से उत्तर पुस्तिकाओं का गायब होना बोर्ड को बदनाम करने का षड्यंत्र है उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच डीएम और एसपी द्वारा की जायेगी एसएस कॉलेज के सभी शिक्षक कर्मचारी और प्राचार्य के सभी सहयोगी से भी प्रछताछ की जा रही है इधर मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट अब छब्बीस जून को जारी किया जायेगा पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि निर्धारित की थी बाढ़ सुरक्षा संबंधी कार्यो में अनियमितता बरतने के आरोप में जल संसाधन विभाग ने अड़सठ अभियंताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है विभाग के जनसंपर्क अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि पूर्णिया प्रक्षेत्र में पूर्वी कोसी नहर पुनर्स्थापना कार्य में अनियमितता बरतने के आरोप में बयालीस अभियंताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है वहीं बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कटिहार और सालमारी के अधीन अपर महानंदा योजना के तटबंधों में काम के दौरान अनियमितता के मामले में बीस अभियंताओं के विरूद्व एफआईआर दर्ज की गयी है दूसरी ओर सहरसा प्रक्षेत्र में छह अभियंताओं और संवेदकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है मौसम विभाग ने तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी की आशंका जतायी है विभाग ने कहा है कि आज तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है वहीं कल से चौबीस जून तक तापमान बढ़कर चौवालीस डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है हवा में नमी की मात्रा बढ़कर पचहत्तर प्रतिशत होने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है इधर पटना जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी को देखते हुये सभी सरकारी और निजी स्कूलों को पच्चीस जून को खोलने का निर्देश दिया है प्रदेश में पहली बार देश के पूर्वी राज्यों में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न चुनौतियों और इनसे निपटने के उपायों पर चर्चा के लिये देशभर के विशेषज्ञ चौबीस और पच्चीस जून को पटना में आयोजित सम्मेलन में व्यापक विचार विमर्श करेंगे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह जानकारी देते हुये बताया कि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन होंगे भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र वाले होमलोन की सीमा बढ़ाकर पैंतीस लाख रूपये कर दी है पैंतालीस लाख रूपये तक की कीमत के मकान के लिये पैंतीस लाख रूपये तक के कर्ज प्राथमिकता क्षेत्र में माने जायेंगे प्राथमिकता वाले क्षेत्र का ऋण आमतौर पर बाजार मूल्य के ऋण के मुकाबले सस्ता होता है आरबीआई की अधिसूचना में कहा गया है कि इस कदम से कमजोर वर्ग और कम आय वाले लोगों को सस्ता कर्ज लेना आसान हो जायेगा रेलवे के ग्रूप सी के पदों पर काम कर रहे तीन लाख कर्मचारियों को अधिकारी वर्ग में प्रोन्नति दी जायेगी रेलवे बोर्ड ने इसके लिये उच्च स्तरीय कमिटी का गठन किया है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सातवें वेतन आयोग की सिफारिश में छियालीस सौ रूपये ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को ग्रेप सी से ग्रेप बी में प्रोन्नति दी जायेगी शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विकास के विभिन्न पैमानों पर प्रदेश के चिन्हित तेरह पिछड़े जिलों का समेकित विकास किया जायेगा नीति आयोग की बैठक में इस संबंध में व्यापक चर्चा हुयी इन जिलों में बेगूसराय खगड़िया कटिहार अररिया पूर्णिया बांका औरंगाबाद गया नवादा मुजफ्फरपुर और मधेपुरा शामिल हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा है कि पूर्णिया छपरा और समस्तीपुर में नये मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है श्री पाण्डेय ने कहा कि मुख्यमंत्री सात निश्चय कार्यक्रम के तहत झंझारपुर सीतामढ़ी वैशाली बेगूसराय और आरा में भी नये मेडिकल कॉलेजों की भी स्थापना की जायेगी शिक्षा विभाग ने कटिहार और सासाराम में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को स्वीकृति दे दी है सब्जी उत्पादक किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर बाजार मूल्य उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश में अगस्त महीने से सब्जियों की बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से की जायेगी श्रम संसाधन विभाग ने आउटसोर्सिंग पर चल रहे सैंतीस कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को रद्द करने का निर्णय लिया है पूर्व मध्य रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष के दो महीने में तीन हजार इक्कीस करोड़ छियालीस लाख रूपये का राजस्व अर्जित कर आय के मामले में देशभर में तीसरा स्थान हासिल किया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बिहार को रणजी ट्रॉफी में खेलने की अनुमति दे दी है बोर्ड के प्रशासकों की हुयी बैठक में यह फैसला लिया गया बिहार को ग्रूप डी से खेलने की अनुमति दी गयी है इसके अलावा उत्तराखण्ड और पूर्वोत्तर की नई टीमें भी ग्रुप डी से खेलेंगी इस ग्रुप से एक टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचेगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने जम्मू कश्मीर में भाजपा द्वारा सरकार से समर्थन वापस लिये जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है जम्मू कश्मीर में महबूबा सरकार गिरी दैनिक जागरण की खबर है छब्बीस को मैट्रिक रिजल्ट कॉपी चोरी में प्राचार्य बंदी दैनिक भास्कर की सुर्खी है राजधानी में चौबीस जून के बाद होगी बारिश प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है पूरे सूबे में लागू होगी बांका उन्नयन राष्ट्रीय सहारा लिखता है जैश के तीन आंतकी ढेर

प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर